मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश की सम्भावना जतायी

भोजपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने जहरीली शराब कांड में चौदह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने इसके अलावा अलग अलग मामलों में दोषियों पर पचास पचास हजार रूपये जुर्माना लगाया है एक अन्य दोषी भास्कर सिन्हा को उत्पाद कानून के तहत दो साल जेल की सजा और दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है अदालत ने भोजपुर के जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के तहत पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने और इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है गौरतलब है कि दो हजार बारह में जहरीली शराब कांड में इक्कीस लोगों की मौत हो गयी थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में फोरेंसिंक जांच दल और डॉक्टरों की टीम ने साक्ष्यों का पता लगाने के लिए परिसर में जांच शुरू कर दी है सील किये गये बालिका गृह में हर कोने की छानबीन की गयी डॉक्टरों की टीम ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां कथित तौर पर पीड़ित किशोरियों का गर्भपात कराया जाता था घटना स्थल पर पहुंचे तिरहुत क्षेत्र के आईजी सुनील कुमार ने कहा कि इस कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के घर और कार्यालय को बालिका गृह से जोड़ने वाले कई गुप्त रास्तों का और एक तहखाने का भी पता चला है हमारे संवाददाता केके कौशिक ने बताया कि पुलिस ने बालिका गृह के कार्यालय में कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क और सीपीयू को भी जांच के लिए जब्त किया है इधर यौन शोषण कांड में फरार चल रहे आरोपी दिलीप वर्मा के करजा थाना क्षेत्र स्थित घर पर पुलिस ने इश्तेहार लगा दिया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के विरोध में आज गया जिले से साइकिल रैली की शुरूआत की इधर वामपंथी दलों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के विरोध में दो अगस्त को बंद का आहवान किया है राजधानी पटना समेत पूर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से मध्यम से तेज बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की सम्भावना जतायी है राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही आकाश में बादल छाये हैं और लगातार बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चार सेंटीमीटर से लेकर बारह सेंटीमीटर तक बारिश हुई है सबसे अधिक बारह सेंटीमीटर बारिश मुंगेर में दर्ज की गयी वहीं पटना में साढ़े चार सेंटीमीटर बारिश हुई है अगले कुछ घंटों के दौरान शिवहर सीतामढ़ी गोपालगंज सिवान पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चम्पारण जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यपुर झखरा गांव में बिजली गिरने से एक किशोर की मौत हो गयी जबकि एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गयी नवादा जिले के हिसुआ के तिलैया नदी पुल के पास बना डायर्वजन आज पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया इस कारण बोधगया राजगीर और नवादा गया जिले से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी बढ़ गई है पुल निर्माण के अधिकारियों ने कहा है कि पानी का बहाव कम होते ही आवागमन को चालू कराने की दिशा में फिर कार्रवाई की जाएगी वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन ट्रकों पर लदे करोड़ों रूपये मूल्य की शराब बरामद की है पुलिस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बाईस पर लाइन होटल के पास से पुलिस ने तीन ट्रकों पर लदे लगभग चौदह सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के नीमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के इसफा पुल के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से चौंतीस कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है इधर मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव में पुलिस ने चौरासी कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और उत्पाद विभाग ने अलग अलग छापेमारी कर सात लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है जबकि अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआरी में एक तस्कर को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाये उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में देशवासियों का मान सम्मान बढ़ा है केंद्र सरकार ने एक सौ तेईस कल्याणकारी योजनाओं को पिछले चार वर्षो में लागू कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने कहा कि जनधन योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य योजना जैसे योजनाओं के लागू होने से लोगों को अब इसका सीधा लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह छियालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उद्यमियों से राज्य के विकास में आगे आने का आहवान करते हुए आज कहा कि सूबे के विकास में योगदान देने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए श्री मलिक ने पटना में आयोजित एक कार्यकम में उद्यमियों का आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यों विशेषकर बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किए जानेवाले कार्यों में भरपूर सहयोग करना चाहिए सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है इस अवसर पर प्रदेश के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज शिव मंदिर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं इधर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा से जल उठाने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बांका से होकर गुजरने वाले संतावन किलोमीटर कांवरियां पथ के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया मूजफ्फरपूर शहर में सावन के महीने में पड़ने वाले चार सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को शहर में श्रद्वालुओं की उमड़ने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर फैसला किया गया है पूर्णियां जिले की महापौर विभा कुमारी को अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा है चौबीस पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान महापौर के खिलाफ मतदान किया लोजपा सांसद रामचन्द्र पासवान ने केंद्र सरकार से एससी एसटी एक्ट अध्यादेश संसद के चालू सत्र में लाने की मांग की है श्री पासवान ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यदि नौ अगस्त से पूर्व एससी एसटी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश संसद में नहीं लाती है तो उनकी पार्टी देशव्यापी आंदोलन करेगी शिवहर जिले के एक अदालत ने दो साल पूर्व हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में तेज बारिश के कारण एक घर की छत गिरने से एक बच्ची की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड स्थित कमरोल पंचायत में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक महिला और उसके पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई औरंगाबाद जिले के रजवरिया बीघा के पास से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली शिव भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश की सम्भावना जतायी